भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने श्री वाजपेयी की पृण्यतिथि पर प्रदेश में आज से त्रिवेणी पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया है

आज कृतज्ञ राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी प्ण्यतिथि पर श्रद्वांजलि भैंट कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वाजपेयी की दूसरी पृण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्वांजलि दी

उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने पूर्व प्रधानमंत्री अटली बिहारी वाजपेयी की समाधि पर प्रार्थना सभा में भाग लिया और श्रद्वास्मन अर्पित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्री वाजपेयी की प्ण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी की राष्ट्र की उन्नति में उठाये गय कदमों को देश हमेशा याद रखेगा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपयी को श्रद्वांजलि देते हये कहा कि वो भारतीय सभ्यता और देशभक्ति की आवाज़ थे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी संवदेना प्रकट करते हये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले वर्षो में प्रेरणा का स्त्रोत बने रहेंगे उन्होंने कहा कि भारत रत्न श्री वाजपेयी के दृढ़ व्यक्तित्व के कारण ही देश और पार्टी मजबूत ह्ई भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्ण्यतिथि पर पूरे हरियाणा में त्रिवेणी पौधारोपण कार्यक्रम कर ही है इसके तहत पंचकूला के श्री माता मनसा देवी में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओ पी धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चदं ग्प्ता दवारा पौधारोपण कर श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी गई इस अवसर पर भाजपा के अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भी पौधारोपण कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्वर्गीय श्री वाजपेयी की प्णयतिथि पर उनको श्रद्वांजलि दी उन्होंने बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में त्रिवेणी के पौधे लगाये श्री शर्मा ने मिर्जाप्र में लगाये गये पानी छ ट्यूववेलस का भी उदघाटन् किया जिससे बल्लभगढ़ वासियों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्ण्यतिथि पर बलदेव नगर स्थित गांधी पार्क व नन्यौला पीएचसी के प्रांगण में त्रिवेणी लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रेरित किया उन्होंने इससे पूर्व पौधों की छबील कार्यक्रम के तहत लोगों को पौधे भी वितरित किये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्ण्यतिथि पर आज पलवल शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया

इसके लिये ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके दे दिया है इस परियोजना को लेकर प्रदेश के वन शिक्षा तथा पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने आज इस क्षेत्र का दौरा किया और प्रस्तावित पार्क क्षेत्र का अवलोकन भी किया गांव कासन में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने को लेकर वन मंत्री कंवरपाल ने गांव नाथुपुर के पास नगर निगम क्षेत्र में पहले से विकसित बायोडायवर्सिटी पार्क को भी देखा उन्होंने माँगर बणी आरक्षित वन क्षेत्र भी का अवलोकन किया गांव कासन में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क क्षेत्र में पौधारोपण करने के बाद वन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री ने चयनित गांवों के सरपंचों के साथ हरियाली बढ़ाने के बारे में मंथन किया और सरपंचों के सुझाव आमंत्रित किये उन्होंने गांव कासन द्वारा की गई पहल की सराहना की और कहा कि अब देखना है कि जिलें के कौन से और गांव अपनी पंचायती भूमि पर बाग विकसित करने के लिए आगे आते हैं हरियाणा के कृषि एवं पश्पालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि नए अध्यादेश लाए जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल लागू रहेगा बल्कि पहले की तर्ज पर बढ़ता भी रहेगा किसान अपनी फसल को बगैर किसी टैक्स के अधिकतम मूल्यों पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा इसके साथ ही पहले की तर्ज पर ही गेहं सरसो व बाजरे की खरीद मंडियों में जारी रहेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के दौरान की गई घोषणाओं में किसानों के बच्चों को न केवल पढने बल्कि द्ग्ध डेयरी उत्पादन बागवानी मछली पालन के बारे में भी अनेक योजनाएं शुरू की गई है जिनका लाभ सभी किसानों को उठाना चाहिए

भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां कोरोना से मृत्यु दर सबसे कम है

यहां के सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि ये मरीज़ यम्नानगर और जगाधरी इलाकों के है जिसे कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया गया है

हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि ट्यूबवेल लेने के लिए सभी निर्धारित औपचारिकताएं प्री करने वाले किसानों को कनेक्शन जल्द से जल्द दिये जा रहे हैं

बिजली मंत्री ने हिसार के विभिन्न गांवों में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जानकरी दी उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है

भिवानी ग्रुद्वारा सिंह सभा में आज बाबा बंदा सिंह बहाद्र ब्क बैंक की स्थापना की गई संस्था के सदस्य ग्रदीप सिंह ने बताया कि जिन बच्चों को पढऩे में दिलचस्पी है लेकिन किसी कारण से वे महंगी किताबें नहीं खरीद सकते संस्था उन बच्चों को सभी किताबे उपलब्ध करवाएगी बीती रात शिवालिक पहाड़ियों में हई बरसात से यमुनानगर जिले में सोमनदी का जलस्तर बढ़ गया है बिलासप्र उपमंडल के गांव लालहाड़ी भमनोली सलेमप्र मलिकप्र बांगर तिहानो जोगीवाड़ा गांवों के खेतों में पानी घ्स गया है शेरपुर लेदी मार्ग पूरी तरह से जलमगन है